वे ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रध्वज फहराएंगे और देश को संबोधित करेंगे

लाल किले के लाहौरी गेट पर रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और रक्षा सचिव डॉ अजय कुमार उनकी अगवानी करेंगें वहां मौजूद तीनों सेनाओं की संयुक्त ट्कड़ी और पुलिस गार्ड प्रधानमंत्री को सलामी पेश करेंगें जिसके बाद प्रधानमंत्री गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण करेंगे

गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी लाल किले की प्राचीर की ओर बढ़ेगें जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत सेना अध्यक्ष जनरल एम एम नरवणे नौ सेना अध्यक्ष एडमिरल करमवीर सिंह और वायु सेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल आर के एस भदौरिया उनका स्वागत करेंगें

राष्ट्रध्वज फहराने के बाद प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित करेंगें

उन्होंने कहा कि उच्च जनसंख्या घनत्व के साथ विस्तृत और विविध राष्ट्र के लिए कोरोना वायरस का कारगर प्रबंधन करने और उसका फैलाव रोकने के लिए व्यापक मानव प्रयास अपेक्षित थे श्री कोविंद कल स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित कर रहे थे वसुधैव कुटुम्बकम की संस्कृति में भारत के विश्वास की चर्चा करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि देश ने न केवल अपने नागरिकों की देखभाल की बल्कि कई अन्य देशों के लिए भी मदद का हाथ बढाया

राष्ट्रपति का विशिष्ट सेवा पदक एडीजी ट्रेनिंग व डायरेक्टर मप्र पुलिस अकादमी अनुराधा शंकर निरीक्षक वरिष्ठ ग्रंथालय पुलिस मुख्यालय डॉ फरीद बजमी निरीक्षक स्टेनो पुलिस मुख्यालय राकेश मोहन दीक्षित और निरीक्षक एम स्टेनो पुलिस मुख्यालय भरत कुमार भावसर को देने की घोषणा की गई है डीजीपी विवके जौहरी ने सभी पदक प्राप्त करने वाले सभी पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई दी है

इन्दौर में कोरोना संकमण के प्रति लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता की जांच करने के लिए सिरो संर्वेक्षण किया जा रहा है

संभाग आयुक्त डॉक्टर पवन शर्मा ने बताया कि सर्वेक्षण के माध्यम से ऐसे लोगों का पता लगाया जा रहे है जिनके रक्त में कोरोना की एंटी बाड़ी विकसित हो चुकी है इस सर्वेक्षण से आमजन में कोरोना संकमण के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने वाले लोगों का प्रतिशत पता चल सकेगा इसके आधार पर कोरोना संकमण रोकने की कार्ययोजना बनाई जायेगी

मुरैना में जिले के पूर्व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भी संक्रमित पाये गये हैं

रतलाम जिले में कोरोना संक्रमितों का तनाव दूर करने के लिए हम है तो क्या गम है नामक विशेष अभियान चलाया जा रहा है इसमें मोटीवेशनल स्पीकर आशीष दशोत्तर कोरोना संकमित मरीजों का गीत और कविताओं के माध्यम से हौसला बढ़ा रहे हैं

श्योपुर जिले में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जिला प्रशासन द्वारा निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं

शिवपूरी जिले में कलेक्टर ने कोरोना संकमण को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक आयोजन और धार्मिक आयोजनों में अधिक लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगा दिया है रिजिजू फिट इंडिया केन्द्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने कल देश की सबसे बड़ी दौड़ फिट इंडिया फ्रीडम रन का शुभारंभ किया

देश में कोरोना महामारी के प्रकोप के कारण लागू परस्पर दूरी बनाए रखने संबंधी नियमों के तहत सरकार ने इस दौड़ के प्रतिभागियों को अपनी सुविधा के स्थान और समय पर अपनी ही रफ्तार से दौड़ लगाने को प्रोत्साहित करने का फैसला किया है इतना ही नहीं वे इस अवधि के दौरान रुक रुक कर कई दिन दौड़ लगा सकते हैं इस दौरान उन्होंने कितनी दूरी तय की यह ग्लोकबल पोजिशनिंग सिस्टौम यानी जीपीएस वाली घड़ी पहन कर या दूरी का सामान्यं रूप से आकलन करके पता लगाया जा सकता है

इसका नाम थाना अरेरा हिल्स होगा